अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने तथा स्वास्थ्य कर्मियों के चोटिल होने पर मुआवज का प्रावधान किया गया है अध्यादेश में उत्पीडन शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हिंसा माना जाएगा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार की त्वरित प्रक्रिया एक बार फिर से उजागर हुई है गृहमंत्री अमितशाह द्वारा चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिये मात्र एक दिन के अंदर सरकार ने इस अध्यादेश को लागू कर दिया है लागों ने बड़े पैमाने पर चिकित्सा कर्मियों का पूरा सहयोग किया है लेकिन उनके मनोबल को बनाये रखने के लिए कड़े प्रावधानों की आवश्यकता के मद्देनजर इस अध्यादेश को लाया गया अधिकतम डॉक्टरों नर्सों और पैरामेडिकित्स की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इन प्रावधानों क तहत राज्यों को अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों को भी शामिल करने का अधिकार दिया है अध्यादेश में सात साल तक के कारावास और हिंसा और क्षति के मामलों में दो लाख रुपये तक के ज़र्माने का भी प्रावधान किया गया है

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल यह अध्यादेश लाने को मंजूरी दी थी

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा और उन्हें न्कसान पहुंचाने को सहन नहीं किया जाएगा आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरैस्मेन्ट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिये उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश लागू करने का फैसला हुआ है यह संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत ना मिलने वाला होगा तीस दिन में इसकी इन्वेस्टीगेशन प्ररी होगी सीनियर इन्सपेक्टर के लेवल पर ही इन्वेस्टीगेशन होगी और एक साल में फैसला आयेगा और कड़ी सजा का प्रावधान किया है श्री जावडेकर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के दोषियों को तीन से पांच महीने की कैद तथा पचास हजार से दो लाख रुपये तक का जर्माना लगाया जा सकता है उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को छह महीने से सात वर्ष की कैद और एक लाख से पांच लाख रुपये तक का जूर्माना भी लगाया जा सकता है अध्यादेश पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडियन मडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के शीघ्र और समय पर किए गए प्रयासों की सराहना की डॉ राजन शर्मा ने अध्यादेश के लिए प्रधानमंत्री गृहमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद दिया

इसके तहत सरकार ने महिलाओं गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को निःशुल्क अनाज और नकदी के भूगतान की घोषणा की थी

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि लॉकडाउन में छूट के क्रम में राज्य में निर्माण कार्यो में तेजी आई है उन्होंने बताया कि प्रदेश में गेहूँ की खरीद का काम जारी है लॉकडाउन के कारण शेल्टर होम में रहने वालों के लिये गुणवत्ता पूर्ण भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है

इनमें से एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी होगा संक्रमण से मुक्त जिलों में औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू कराने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिय गये हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य के कुल संक्रमित एक हजार पांच सौ सात मरीजों में से एक सौ सत्तासी पूरी तरह स्वस्थ हो गये हैं अब राज्य में संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या एक हजार दो सौ निन्यानवे रह गई है

उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में केवल पैंतालीस जिलों में संक्रमण के एक्टिव मामले हैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि जिलों से सम्पल एकत्र करके प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं प्रदेश में कल रिकार्ड तीन हजार नौ सा पचपन सेम्पल की टेस्टिंग की गई साथ ही पूल टेस्टिंग भी जारी है और अब तक आठ सौ बारह टेस्ट किये जा चुके हैं प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्यारह जिलों को कोरोना मुक्त घोषित किया है

लखनऊ की डीसीपी यातायात चारू निगम ने लोगों से अपील की है कि वे बहुत आवश्यक होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जारी पास यथावत प्रभावो रहेंगे

इसके अतिरिक्त जो हमने पुलिस को बैरियर पर चेकिंग के निर्देश दिये हैं वह यही दिये गये हैं कि बाध्यता पहले से आदेशित की गई थी साढ़े नौ से पहले जिसको जो सामान लेना आफिर जाना पहुंच जाये छह बजे के बाद जाये तो बीच में अनावश्यक वाहन न चले इसके अलावा जो कोविड जो पूरी तरीके से जितने अधिकारी कर्मचारी डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ और स्पोटस्टाफ लगा हुआ है उनके लिये जो पूल की व्यवस्था थी आईकार्ड का और जिनके पास पास है उन पर वह उसी प्रकार से लागू रहेगी

श्री मादी इस अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की शुरूआत भी करेंगे

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी हो वीडियो कांफ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन बढाने से पहले हुई थी

हालांकि मौजूदा दर पर मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत जारी रहेगी आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्त्रत करता है

जो आशंका थी पहले ही जो खतरा था वह खतरा तो लगता नहीं है ये काफी धीमी गति से वायरस फैल रही है भारत देश में